प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण अधिकतर नदियां उफान पर

मन की बात की यह सैंतालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है

देश में स्वास्थ्य की उच्चस्तरीय देखभाल और चिकित्सा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है भुवनेश्वर में एम्स के पहले दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में उच्च कोटि का मानदंड सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है

पटना में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में श्री मोदी ने बैंकों को चरणबद्व तरीके से कॉरेस्पोंडेंट की नियुक्ति का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होने वाले भूगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाये ताकि यह पता चल सके कि लाभुकों को किन कारणों से भगुतान नहीं किया जा सका है

इंडियन एसोसिएशन ऑफ पौथोलॉजी की ओर से दायर याचिका में राज्य के अड़तीस जिलों में अवैध तरीके से चल रहे जांच घरों के बारे में शिकायत दर्ज की गयी थी इस सिलसिले में पटना भोजपुर और वैशाली समेत आठ जिलों में नियम के विरूद्ध चल रहे जांच केंद्रों पर कार्रवाई की गयी है

सावन माह की पूर्णिमा तिथि को अपने भाईयों को बहनें रक्षासूत्र बांध कर भाई की लंबी उम्र की कामना करेगी ज्योतिषियों के अनुसार आज सर्वाथ सिद्धि योग बन रहा है सावन माह का अंतिम दिन उत्तम संयोग में रक्षाबंधन का पर्व होने से पूरे दिन राखी बांधने का शुभ समय है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार भाई बहन के बीच प्रतिबद्धता के पवित्र बंधन का प्रतीक है उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाने का अवसर है उप राष्ट्रपति ने इस अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि यह पर्व समाज में भाई बहनों के बीच स्नेह और प्रेम की मजबूत डोर का संदेश देता है राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि यह त्योहार आपसी प्रेम को बढ़ाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा अस्मिता और महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों से अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की अपील की है इधर रक्षाबंधन के दिन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को बस किराया नहीं देना होगा परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि आज आधी रात तक यह सुविधा मिलेगी वहीं इस अवसर पर देश के सभी डाकघर खुले रहेंगे पर्यावरण और वन विभाग की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जा रहा है

वाल्मीकिनगर बराज से एक लाख तिरसठ हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है बगहा के दियारा क्षेत्र में गंडक का पानी फैलने से फसल डूबने लगी है इधर सीतामढ़ी में बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मधुबनी और दरभंगा में कोसी तथा कमला बलान अभी खतरे के निशान से नीचे है वहीं गंगा सोन और पुनपुन के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुयी है

बंगला की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों और उसके आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का केंद्र बना हुआ है जिसका असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है

समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन और अनुमति आवेदन शुल्क की तिथि को तीस अगस्त तक बढ़ा दिया गया है पहले विलंब शुल्क के साथ नौ अगस्त तक निर्धारित थी इधर समिति ने राज्य के दस विश्वविद्यालयों में स्नातक में नामांकन के लिये दूसरी सूची जारी कर दी है

भारत में प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत का भारत के सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है संस्कृत भाषा विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है यह भाषा सर्वाधिक वैज्ञानिक होने के साथ ही शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य रखती है संस्कृत दिवस मनाने का निर्णय उन्नीस सौ अड़सठ में भारत सरकार ने लिया था उसके बाद से उन्नीस सौ उनहत्तर से श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है

जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग नदी में बह गए शाहकुंड थाना प्रभारी ने बताया कि तैराक की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है

इस मौके पर चीन जपान कम्बोडिया श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड मलेशिया हांगकांग फ्रांस रूस जर्मनी सहित कई देशों के प्रतिनिधि माजूद थे

अभी तक जिले के चौवन प्रतिशत घरों में शौचालय का निर्माण कार्य प्रा हो गया है जिला पदाधिकारी ने कहा कि शौचालय निर्माण करने वाले को बारह हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया

इस चैंपियनशिप में बीस अंक लेकर बालक वर्ग में और तेरह अंक लेकर बालिका वर्ग में पटना की टीम ने ओवलऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है सारण की टीम बालक वर्ग में पांच अंक लेकर और भागलपुर की टीम बालिका वर्ग में आठ अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही

हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार के सभी गांवों में नियुक्त किये जायेंगे वैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट दैनिक जागरण की सुर्खी है अवैध पैथोलॉजी केंद्रों को कराया जायेगा बंद हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद राज्य सरकार ने शुरू की कार्रवाई दैनिक भास्कर ने लिखा है राज्य के एक सौ तीस शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिये इस महीने के अंत तक सूची सौंपेगी बिजली कंपनी प्रभात खबर लिखता है आईआरसीटीसी होटल आवंटन कोस अदालत में ईडी का जवाब लालू राबड़ी व तेजस्वी को तलब करने के पर्याप्त सबूत राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति की जमानत अर्जी खारिज

प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण अधिकतर नदियां उफान पर